प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से बातचीत में समय के सदुपयोग के लिए टैक्नोलोजी को नियंत्रित रखने की बात कही

इसलिए विद्यार्थियों को इस सोच से बाहर निकलना चाहिए

प्रधानमंत्री ने पठन पाठन के अलावा अन्य गतिविधियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने से व्यक्ति रॉबोट की तरह हो जाता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्थाई विफलता का यह मतलब नहीं है कि सफलता आपका इंतजार नहीं कर रही है वास्तव में विफलता का सीधा मतलब है कि आपका सबसे अच्छा योगदान आना अभी बाकी है

प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा एग्जाम वॉरियर पुस्तक पढ़ने को कहा जिससे उन्हें सभी सवालों का हल ढूंढने में मदद मिलेगी

पकड़े गए सभी आरोपी देहरादून जिले के रहने वाले है एसएसपी नैनीताल सुनील कुमार मीणा का कहना है कि एसआईटी द्वारा जांच में इन लोगो की भूमिका संदेह के दायरे में थी

बीजेपी संगठन चुनाव प्रभारी राधामोहन सिंह ने श्री नड्डा के चुने जाने की घोषणा की

अभी तक ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पार्टी मुख्यालय में नए अध्यक्ष का स्वागत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर निवर्तमान अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने श्री नड्डा को बधाई दी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जे पी नड्डा को पिछले वर्ष जुलाई में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था वे लंबे समय से भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वे कैबिनेट मंत्री थे

अल्मोडा जश्न भाजपा की कमान जेपी नड्डा को सौंपे जाने पर अल्मोड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया गांधी पार्क के सामने एकत्र होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी की इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी और नड्डा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व में अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने देश और प्रदेश में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है अब श्री नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद देश और प्रदेश में बीजेपी और ऊंचाइयों को छूएगी बैठक देहरादून मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य स्थापना के बाद से उत्तराखण्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है

उन्होंने इस रैंकिंग में और सुधार करने के लिए मिशन मोड में काम करने पर जोर दिया मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं लेकिन प्रमुख मार्गों और पर्यटन स्थलों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा

आयुषी रावत देहरादून के केंद्रीय विद्यालय आईएमए में बारहवीं कक्षा की छात्रा है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर इस स्कूल के बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं में खुशी का मौहाल है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्कूल में प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों ने पूरी चर्चा को सुना और समझा स्कूली बच्चों का कहना है कि आयुपी का चयन होना उनके लिए गर्व की बात है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल सराहनीय है इससे छात्रों का मनोबल बढ़ेगा बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर के दीनदयाल कौशल विज्ञान केंद्र में छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने के बाद उनके बताए सुझाव को आत्मसात करने का संकल्प लिया मौसम प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है मौसम विभाग के अनुसार सोमवार रात से लेकर मंगलवार तक राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में हल्की बारिश होगी जबकि मैदानी इलाकों में बादल छाए रहेंगे देहरादून में आज दिनभर आसमान में बादल छाए रहे जबकि पर्वतीय इलाकों में बादलों और सूरज के बीच आंख मिचौली चलती रही इस बीच प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी के कारण बंद हुई सड़कों और मार्गों को खोलने की कोशिशं जारी रहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रुद्रप्रयाग में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में आज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत लिंग भेद और लिंग जांच की मानसिकता का त्याग कर लिंग समानता की शपथ दिलाई गई लिंग समानता के प्रचार प्रसार की मुहिम की सफलता हेतु बाल विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया

साथ ही उसका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा